कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आतंरिक बैठक में प्रधानमंत्री ने आवश्यक इंतजामों की व्यापक समीक्षा की श्री मोदी का आज ही देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक का भी कार्यक्रम है राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति और नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की राज्यपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी प्रदेश के हालात पर चर्चा की श्री मिश्र ने बताया कि केन्द्रीय स्तर पर आश्वासन दिया गया है कि राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी राज्य में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत समझाइश और चालान का काम जारी है जिलों में प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है

टोंक में जिला कलेक्टर ने अस्पताल और इंदिरा रसोई का दौरा कर कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से पालना के अधिकारियों को निर्देश दिए

वहीं सावों को देखते हुए कई जिलों में इलेक्ट्रोनिक आभूषण और कपड़ों के प्रतिष्ठान भी खोलने के लिए विशेष छूट दी गई है

इधर एक मई से शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा से कोविड मरीजों के कैशलेस उपचार के दावों की समय से स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है कुछ अस्पतालों द्वारा कोरोना के कैशलेस बीमा मना करने की खबरों पर वित्त मंत्री ने इरडा के अध्यक्ष एससी खूंटिया से बात की ट्वीट कर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में कोविड को समग्र स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया था कैशलेस सेवा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है

श्राइन बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है स्थिति में सुधार होते ही पंजीकरण फिर शुरु कर दिया जाएगा

प्रदेश में हाल ही में हुए मौसम में बदलाव के बाद लोगों को बढ़ते तापमान और गर्मी से निजात मिली है

इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर बीकानेर जोधपुर और अजमेर संभागों में फिर से मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई है पश्चिमी और सरहदी जिलों में आंधी चल सकती है